केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओ के अमल पर प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने इसका श्रेय केंद्र और राज्य के नेतृत्व को दिया केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष दो हजार चौदह से कृषि क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष वित्तीय आवंटन बढ़ रहा है और इस धनराशि का उपयोग भी बेहतर तरीके से हो रहा है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष दो हजार बाइस तक किसानो की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि एवं इससे संबंद्व विभाग के अधिकरियो से मिशन माँड में कार्य करने का आह्वान किया श्री सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्रो के वैज्ञानिको और सभी हितधारको के बीच बेहतर ताल मेल पर जोर दिया उन्होंने किसानो के हित में दिये गये लक्ष्य को हासिल करने के लिए समन्वय के साथ योजनाओ को लागू करने का सुझाव दिया केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि बागवानी मछली पालन पशु पालन मधु मक्खी पालन बांस की खेती और नारियल प्रशंस्करण के माध्यम से किसानो की आय बढ़ाने की अपार संभावनाओ को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का भी सुझाव दिया श्री सिंह ने किसानो को जागरुक बनाने के लिए कृषि महाविद्यालय रिसर्च सेंटर और कृषि अनुसंधान से जुड़े विभिन्न संस्थानो का भ्रमण कराने को कहा उन्होंने प्रत्येक तीन महीने में जिला स्तरीय वैज्ञानिक सलाहकार समिति और नियमित अंतराल पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करने को कहा

आज ईटानगर में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुचे श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाए मुहैया करायेगी राज्य के कृषि मंत्री डाँ मोहेश चाई ने केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन सौपा जिसमें राज्य में केंद्रीय कृषि विश्व विद्यालय पशुपालन महाविद्यालय नये कृषि महाविद्यालय एनआरसी मिथुन का केंद्र डायरेक्टरेट आँफ कोल्ड वाटर फिसरिज रिसर्च सेंटर का उपकेंद्र और केंद्रीय जैविक कृषि के उपकेंद्र की स्थापना की मांग की गई है

इधर नामसाई में किसानो की आमदनी दोगुना करने के विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सह कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन कल विधायक चाऊ तेवा मैन ने किया इस मेले में विभिन्न विभागो कृषि विज्ञान केंद्रो स्व सहायता समूहो के स्टाँल लगायी गई

मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना में राज्य के युवाओ के लिए आयोजित होने वाली भर्ती रैली पर भी चर्चा की उन्होंने सैन्य बलो में कैरियर बनाने के लिए युवाओ को प्रोत्साहित करने हेतु जागरुकता अभियान चलाने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने आगामी एक दिसम्बर से तवांग में आयोजित होने वाले नागरिक सैन्य महोत्सव वार्षिक मैत्री दिवस समारोह पर चर्चा किया बैठक के दौरान भारतीय सेना में उपलब्ध रोजगार के अवसरो और राज्य की बालिकाओ के लिए अधिकारी के रुप में भर्ती की संभावनाओ पर भी चर्चा की गई

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखार्जी ने कल गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हे पुरस्कार दिया माओवांग पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रो में सबसे कम उम्र के छात्र है और उन्हें आक्सीजन मास्क से युक्त लाइफ जैकेट माँडल के लिए यह सम्मान मिला है इधर विवेकानंद केंद्र विद्यालय याजाली की मेघा राज ने छब्वीसवें राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है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 आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया